प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में देश कृषि दुग्ध उत्पादन इस्पात और विमानन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के लोगों के प्रति जवाबदेह है और वो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चुनौतियों से नहीं भाग रही बल्कि सच्चाई यह है कि उनकी सरकार चुनौतियों से निपटते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी है प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए रसोई गैस कनेक्शन सभी के लिए आवास गरीबों के लिए बैंक खाते खुलवाने और सभी गांवों में बिजली पहुंचाने में सफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने के उसके आरोपों का जोरदार खंडन किया उन्होंने रफाल सौदे पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस पर प्रहार किए और कहा कि वो नहीं चाहती कि भारतीय वायु सेना सशक्त बने प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन रफाल सौदे पर सभी सवालों के जवाब दे चुकी हैं इसके बाद भी कांग्रेस राष्ट्र को गुमराह करने में लगी है

मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है इसका मकसद प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण देना है

मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल भोपाल में फसल ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान को मिले उन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकालने के प्रकरणों पर नाराजी व्यक्त की उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर उनके नाम पर फर्जी तरीके से ऋण निकाला गया है तो वे निर्भय होकर बतायें उन्होंने फर्जी ऋण प्रकरणों के मामलों को गंभीरता से लेने और इसकी सूक्ष्मता से जाँच करवाने को कहा है

वे जम्बूरी मैदान में आयोजित किसानों की एक सभा को संबोधित करेंगे श्री गांधी किसानों से संवाद भी करेंगे किसान ऋणमाफी योजना लागू करने के लिए उनका अभिनंदन भी किया जायेगा उनकी यात्रा को राज्य में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरूआत भी माना जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा को देखते हए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं ब्याज दर कमी आरबीआई द्वारा छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आधार आधार ब्याज दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती की गई है जिसका बैकों ने स्वागत किया है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि यह नीति सही संकेत करती है कि दर में कमी किए जाने से विकास की गति और तेज होगी उन्होंने कहा कि मौद्रिक समीक्षा नीति में दरों में कमी के अलावा कई नई घोषणाएं की गई हैं जिनसे वित्तीय बाजारों के लिए नए आयाम गढ़े जा सकते हैं उन्होंने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देने के लिए जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाने के लिए बेहतर मूल्य खोज कम पूंजी की आवश्यकता और बैंकों से उनके लिए बेहतर ऋण प्रवाह की सुविधा उपलब्ध होगी किकेट पुरुषों और महिलाओं की न्यूजीलैंड के साथ चल रही तीन तीन मैचों की ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा खेल में वापसी के लिए दोनों ही टीमों को यह मैच जीतना जरूरी है महिला वर्ग का मैच भारतीय समयानुसार सवेरे साढ़े सात बजे और पुरुष वर्ग का मैच साढ़े ग्यारह बजे शुरू होगा

मौसम प्रदेश में कल भी कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है वहीं उत्तर की शीतलहर के कारण तापमान में भी मामूली गिरावट आई है सिवनी जिले में कल बारिश हुई वहीं जिले में आमाकोला में ओले गिरने के भी समाचार है ग्वालियर में बुधवार को हई ओलावृष्टि से फसलों से नुकसान हुआ है जिला कलेक्टर ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से नुकसान का जायजा लेने को कहा है वहीं प्रदेश में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है